इस अवसर पर चित्रकूट में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे और डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण से इस क्षेत्र में अवसरों के नए द्वार ख्लेंगे उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को नौकरी के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया के सपने को पूरा करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निमाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्ंदेलखंड को क्रांतिवीरों की भूमि के रूप में जाना जाता रहा है डिफॅस कॉरीडोर के निर्माण के बाद इसे युद्ध के साजो सामान के लिये भी पूरे विश्व में जाना जायेगा उन्होंने कहा कि सरकार ने डिफेंस कारीडोर के लिये बजट में तीन हजार सात सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क परियोजनाओं के निर्माण पर तेज गति से कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पूर्वाचल एक्सप्रेस वे और प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे इसके उदाहरण हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रत्येक घर में पाइप के जरिये पानी उपलब्ध कराने की हर घर जल योजना का भी शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण और सुद्र क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल देने के लिये जल जीवन मिशन की शुरूआत की है अभियान के अंतर्गत पंद्रह करोड़ परिवारों को शुद्द पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश भर के दस हजार किसान उत्पादक संगठनों का भी श्मारंभ किया उन्होंने प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में अब तक कई कदम उठाए हैं और आगे भी इस दिशा में कार्य जारी रहेगा इस अवसर पर राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी उपस्थित रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के जीवन को आसान और आरामदेह बनाने के लिए अनेक कार्य कर रही है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 श्री मोदी ने कहा कि लोगों का कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है प्रधानमंत्री ने आज प्रयागराज में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को सत्ताईस हजार सहायक उपकरण वितरित किये उन्होंने कहा कि पहले की सरकार लोगों के कल्याण के लिए संवेदनशील नहीं थी लोगों को अपना काम कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन यह भी व्यर्थ होता था श्री मोदी ने कहा कि पिछले पांच वर्ष में दिव्यांगों के लिए नौ हजार शिविर आयोजित किए गए हैं और नौ सौ करोड़ रुपये मूल्य के उपकरण वितरित किए गए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सुगम्य भारत योजना के तहत सभी हवाई अड्डों सात सौ रेलगाडियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक बनाया गया है श्री मोदी ने कहा कि दिव्यांगों के लिए कॉमन साइन लैंग्वेज संस्थान स्थापित किए गए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए देशभर में अनेक योजनाएं शुरू की हैं अब निजी टीवी चैनल भी दिव्यांगों के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं द्ररदर्शन के लोग अनेक अभिनंदन के अधिकारी है क्योंकि उन्होंने तो सालों से इस काम को किया है और उन्होंने दिव्यांगजनों की विंता की है लेकिन अब देश के कई टीवी चौनल भी दिव्यांगजनों के लिए भी इसी प्रकार के साइनेविज के द्वारा खबरें दिखाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं मानवीय संवेदना के इस काम के लिए वे सभी टीवी चौनल भी अभिनंदन के अधिकारी है सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण तीन से बढ़ाकर चार प्रतिशत और उच्च रिक्षण संस्थानों में आरक्षण तीन से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है दो लाख से ज्यादा दिव्यांगों को कौशल विकास प्ररिक्षण दिया जा चुका है और पांच लाख से ज्यादा दिव्यांगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है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 उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में चल रही बोर्ड परीक्षा में नकल कराने वालों के विरूद्व कठोर कार्रवाई की जाएगी श्री शर्मा आज बस्ती जिले में परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में नकल कराने के मामले में अब तक एक सौ इकतालीस केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गयी है तथा उन्तालीस परीक्षा केंद्रों को डिबार किया गया है उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों की मान्यता भी समाप्त की जाएगी श्री शर्मा ने कहा कि परीक्षा की श्विता बनाए रखने के लिए प्रदेश में एक लाख से अधिक कक्ष निरीक्षकों को तैनात किया गया है और एक लाख पचास हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती पर आज उनका स्मरण किया अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री देसाई ने जीवनभर अनुशासन की राजनीति की और अपने सिद्धांतों पर कायम रहे